उल्लेखनीय है कि केन्द्र ने इन दोनों नदियों के तटीकरण के लिए एक हज़ार एक सौ दो करोड़ रूपये का बजट मंजूर किया है सुरेश भारद्वाज कांगड़ा ज़िले के धर्मशाला व देहरा में पिछले करीब एक दशक से लंबित केन्द्रीय विश्वविद्यालय भवन के निर्माण कार्य में अब तेज़ी लाई जाएगी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने धर्मशाला में इस संबंध में आयोजित एक बैठक में ये जानकारी दी

मारकण्डा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति जिले के दौरे के दूसरे दिन आज म्याड़ घाटी में विभिन्न गांवों के लोगों की समस्याएं सुनीं उन्होंने चिमरेट में पंचायत भवन का लोकार्पण किया और टिंगरेट में एक करोड़ से बनने वाले पशु औषधालय व आवास भवन की आधारशिला रखी मारकंडा ने छलिंग गांव में बर्फबारी की वजह से फंसी करीब एक हज़ार बीज आलू की बोरियों को मंडियो तक पहुंचाने का आश्वासन दिया और कहा कि घाटी में जल्द ही पशुचारे की आपूर्ति भी की जाएगी गोबिंद ठाकुर युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा है कि युवा सामाजिक बदलाव आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार के मुख्य कारक हैं शिमला में आज राज्य स्तरीय युवा सलाहकार समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को समाज निर्माण से जुड़े रचनात्मक कार्यो में लगाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वे बुराईयों की तरफ आकर्षित न हों गोबिंद ठाकुर ने नशे की बढ़ती प्रवृति पर चिंता जताते हुए कहा कि इसके खिलाफ एक राज्य व्यापी अभियान चलाया जाएगा जिसमें युवाओं की भूमिका और सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा

स्वास्थ्य योजना प्रदेश सरकार ने राज्य के निजी अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य में सहभागिता योजना शुरू की है इस योजना से जुड़ने के लिए निजी अस्पतालों में सरकार की शर्तों के मुताबिक बिस्तरों की व्यवस्था एक्स रे व अल्ट्रा साउंड की सुविधा ईसीजी और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं होना ज़रूरी है

योजना में शामिल निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गौ संवर्धन और गाय की सुरक्षा के लिए नस्ल सुधार की जुरूरत पर बल दिया है हरियाणा के पंचकूला में कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हिमाचल में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि अभियान चलाया गया है और गाय को इस अभियान का आधार बनाया गया है आचार्य देवव्रत ने कहा कि भारतीय नस्ल की गाय का गोबर ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है वे कल सिरमौर जिले में नाहन क्षेत्र की सलानी कटोला पंचायत में विशेष घटक योजना के तहत बनने वाली सड़कों के शिलान्यास अवसर पर बोल रहे थे

चाईल्ड लाईन चंबा जिले में बाल संरक्षण का कार्य कर रही चाईल्ड लाईन संस्था ने चाईल्ड लाईन से दोस्ती अभियान शुरू किया है एक सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान के तहत स्कूली बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है संस्था के जिला समन्वयक कपिल शर्मा ने बताया कि आज आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने भाषण के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं और स्वच्छता सहित अन्य विषयों पर विचार व्यक्त किए

स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान भवानी दत्त शर्मा ने खाली पदों को जल्द भरने का सरकार से आग्रह किया है उन्होंने स्थानीय विधायक जवाहर ठाकुर से भी इस संबंध में उचित कदम उठाने की मांग की है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 नमस्कार